कृषि विभाग के प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रवक्ता ने कहा कि पद्मश्री सुभाष पालेकर शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर कृषकों के साथ परिचर्चा करेंगे

इस योजना के तहत किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण व उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे मुख्यमंत्री भेंट मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत कल धर्मशाला में शहर के विशिष्टजनों से भेंट कर उन्हें केन्द्र सरकार की पिछले चार वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका भेंट की मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव आशा स्वरूप सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता वीसी कटोच सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य प्रो पीएन शर्मा स्वामी सुबोधानन्द और चिकित्सक वीपी महाजन से भेंट की खेल मंत्री केन्द्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री कर्नल राजवर्धन राठौर ने कहा है कि अगले वर्ष से स्कूलों में खेल के पीरियड को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा उन्होंने कहा कि मंत्रालय खेलों को बढ़ावा देने के लिये और भी उपायों पर विचार कर रहा है मौसम राज्य के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम आज भी रुक रुक कर जारी है जिससे कई स्थानों पर सम्पर्क मार्ग अवरुद्ध हैं लाहौल स्पिति से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार जाहलमा नाले में बादल फटने से साथ लगते चार पांच गांव के सिंचाई कुहल को भारी नुकसान हुआ है वहीं कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कई घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जबकि चम्बा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि वहां रात से ही मुसलाधार बारिश हो रही है इधर राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह से आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग ने आज मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है विनोद कुमार सोलन के उपाय्क्त विनोद क्मार ने जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से नियमित संवाद करने के निर्देश दिए हैं सोलन में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि खर्च करने और ग्रामीण विकास में खंड विकास अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है

संघ प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सदस्यों ने प्रोफेसर रौशन लाल जिंटा की अध्यक्षता में कल कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार से मुलाकात की इस मौके पर उन्होंने कुलपति को विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया संघ ने उम्मीद जताई की कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय विकास की बुलंदियों को छुएगा अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने यूग हत्याकांड के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मासूम यूग को मिला इंसाफ दैनिक जागरण हिमाचल दस्तक और अजीत समाचार का एक जैसा शीर्षक है युग के हत्यारे दोषी करार

अमर उजाला का शीर्षक है चम्बा और लाहुल में फटे बादल तीसरे दिन भी बारिश का कहर

कांग्रेस सरकार के खिलाफ खुलेगी एक और जांच शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है केन्द्रीय योजना ई नैम के नाम पर छह करोड़ की बंदरबांट का आरोप मंडियां ऑनलाईन करने को मिला था पैसा राज्यपाल आचार्य देवव्रत के बयान को अजीत समाचार ने सुर्खी दी है प्राकृतिक कृषि को अपनाकर सेब बागवान ला सकते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन मुख्यमंत्री के हवाले से इसी पत्र की एक अन्य खबर है चम्बा में स्थापित किया जाएगा सीमेंट प्लांट

दिव्य हिमाचल की एक खबर है रिफाइंड की जगह डबल होगा सरसों तेल का कोटा जंगल में गिरे पेड़ों का सरकारी भवनों में होगा इस्तेमाल अमर उजाला की खबर है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय कैसे कैसे गरीब में लिखा है कि बीपीएल परिवारों के चयन में पंचायत प्रतिनिधियों व अधिकारियों को पारदर्शिता से कार्य करना होगा ताकि पात्र व्यक्ति ही योजना से लाभांवित हो सकें दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में प्रदेश के लिये स्वीकृत की गई केन्द्रीय योजनाओं को कार्यान्वित करने में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर टिप्पणी की है